क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद से एकजुट होकर लडने की दोहराई भारत की प्रतिबद्धता विधानसभा उपच्नाव में सत्तारूढ भाजपा ने सात में से छह सीट जीती समाजवादी पार्टी को मिली एक सीट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के देशों से मौजूदा वैश्विक वास्तविकता के अनुरूप सुधार के साथ बह्पक्षवाद के लिए पूर्ण समर्थन की उम्मीद रखता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड का मुकाबला कर रहा विश्व संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन चाहता है महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि यू एन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए हमारे यहा शास्त्रों में कहा गया हैं ष्यारिवर्तनमेव स्थिरमस्तिक परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है

हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर कोंद्रित होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से एस सी ओ चार्टर में उल्लिखित सिद्दान्तों के प्रति समर्पित रहा है हमने हमेशा आतंकवाद अवैध हथियारों की तस्करी ड्रग्स और मनी लॉन्डरिंग के विरोध में आवाज उगई है भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है परन्त यह द्भाग्यप्रर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्प्रिट का उल्लंघन करते हैं प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ भाजपा ने सात में से छह सीट जीत ली हैं समाजवादी पार्टी ने भी एक सीट हासिल की निर्वाचन आयोग ने सभी सात सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया बांगरमऊ घाटमपुर बुलंदशहर नौगांवा सादात और टूंडला सीटें जीती हैं वहीं समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की मल्हनी सीट पर कब्जा कर लिया है मल्हनी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने केवल चार हजार छः सौ बत्तीस मतों से जीत हासिल की यहां निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह दूसरे स्थान पर रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तीसरा स्थान मिला अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर भी शुरुआत में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी लेकिन बाद में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने आसानी से पन्द्रह हजार से अधिक मतों से अपने विरोधी प्रत्याशी को मात दे दी दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती गई अपनी सीटों पर कब्जा बरकरार रखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता को उनकी सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यो का नतीजा बताया उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को भी बधाइयां दी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि पार्टी इसी अंदाज में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन करेगी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की उपच्रनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया गया था वहीं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार अभियान स्थानीय नेताओं पार्टी के उम्मीदवारों और अन्य कार्यकर्तोओं के भरोसे छोड़ दिया था

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश विधानसभा की रिक्त सीटों पर हए उप चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पराली को न जलाने के बारे में किसानों को लगातार जागरूक किया जाये उन्होंने कहा कि कृषि ग्राम्य विकास पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा समेकित प्रयास से इस संबंध में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पराली को गो आश्रम स्थलों पर उपलब्ध कराया जाये इससे यहां संरक्षित गो वंश की रक्षा के लिये चारे की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने धान क्रय केन्द्रों और मंडी में किसानों को न्यूनतम समर्थन मुल्य का पूरा लाभ सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराये जा सकते हैं इसके तहत जल संचयन के लिये तालाब खोदे जाये और चेक डैम तैयार किये जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना रिकवरी दर चौरान्नबे प्रतिशत होने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसमें और सुधार के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है

प्रतिदिन किये जाने वाले टेस्ट में से एक तिहाई आरटीपीसीआर और दो तिहाई टेस्ट रेपिड एंटीजन विधि से किये जाये उन्होंने मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में प्रतिदिन जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड अस्पतालों में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में बैठक बुलाकर कार्यो की समीक्षा करे

किसी भी स्थिति से निपटने के लिये यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिये दिये गये निर्देशों के क्रम में संस्कृति विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि दीपोत्सव के दौरान राज्य में संचालित मिशन शक्ति अभियान को देखते हुए मातृशक्ति को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला कलाकारों द्वारा अभिनीत रामलीला का मंचन होगा लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में कम्बन ऋषि की रामायण का शबरी प्रसंग मंचित किया जायेगा इस अवसर पर भगवान श्रीराम के प्रसंगों पर आधारित कविता पाठ भी आयोजित किये जायेंगे

अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायू की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है हालांकि एनजीटी ने उन शहरों और कस्बों में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है जहां वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे दर्ज की जा रही है प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी की बिक्री और प्रयोग के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इस बारे में सभी मंडलायुक्त जिलाधिकारी और मंडलीय तथा जनपद स्तरीय पुलिस अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं